मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता को दुनिया में दिखाने का यह सही समय है उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान किया कि वह आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं

बाइट द्रनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है नई टैक्नोलॉजी के रूप में चेलेंजेज भी आयेंगे और अनेक नये सरल सोल्यूशन्स भी आयेंगे और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लांन भी करना है और एक्ट भी करना है हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है

ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी कमिटमेंट और करेज को दनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है और हमारा चेलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है शायद उतनी पहले कभी नहीं हुई प्रधानमंत्री ने कहा अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए तथा निजी क्षेत्र को इसमें निवेश करने की आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि देश उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं उन्होंने कहा कि भारत का युवा नवाचार और स्टार्टअप क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है श्री मोदी ने इस अवसर पर रतन टाटा को एसोचम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन के सुरक्षित स्टोरोज तथा कोल्ड चेन के संबंध म फूलप्रूफ व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन काय को ध्यान में रखते हुए बॉयोमेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण की व्यवस्था करने के लिये भी कहा है

उन्होंने निर्देश दिये कि कोरोना वैक्सीन सेन्टर में वैक्सीन लगने के बाद संबंधित व्यक्ति के लिये कुछ समय रूकने की भी व्यवस्था की जाये

गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन को मानकों के अनरूप स्टोरेज के लिये आईसलैंड रेफ्रिजरेटर तथा डीप फ्रीजर केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं राज्य में ढाई लाख लीटर वैक्सीन की भंडार क्षमता सूजित हो गई है

हालांकि मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी को पहले कोविड संक्रमण हुआ है या नहीं इसके बावजूद कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी मंत्रालय ने कहा ह कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसी असरकारक होगी हमारे संवाददाता ने बताया कि वैक्सीनशन का परीक्षण विभिन्न चरणों में हैं और सरकार इस वैक्सीन की खुराक लोगों को जल्द देने की तैयारी कर रही है

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह तथा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों और विधायकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर संवाद किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसान संवाद कार्यक्रम में किसानों सहित समाज के सभी वर्गो को जोड़कर अभियान को सफल बनाना है

इसके लिये प्रदेश में सभी प्रभारी मंत्रियों से अपने प्रभार वाले जिलों में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहने को कहा गया है इस दौरान प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में बड़ी स्क्रीन के जरिये प्रधानमंत्री का सीधा संबोधन प्रसारित किया जायेगा जिसमें स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जायेगा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

इसके अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां महिलाआ को रोजगार देने संबंधी इस प्रकार की योजना शुरू की गई है पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और शीतलहर के चलते प्रदेश के कई इलाका में कड़ाके की ठंड पड़ रही है राज्य के तराई वाले इलाके पीलीभीत जनपद में धूप न निकलने और सर्द हवाओं के चलते तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है उत्तराखंड से लगे बिजनौर जनपद में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है ठंड के कारण यहां सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है मुरादाबाद आगरा मेरठ गोरखपुर और झांसी मंडल में भी दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर के मद देनजर सभी सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने गरीबों और निराश्रितों को शीतलहर से बचाव के लिये कम्बलों का वितरण और रैन बसरों की समुचित व्यवस्था करने के लिये भी कहा है उन्होंने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों से रैन बेसरों के संचालन तथा कम्बल वितरण कार्य की नियमित मॉनीटरिंग करने के भी निर्देश दिये

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी शिवानंद पांडे ने बताया कि सचल प्रदर्शनी और पोस्टर के माध्यम से ग्रामीण और शहरो इलाकों में लोगों को दो गज की दूरी के नियम का पालन करने मास्क का प्रयोग करने और हाथों को बार बार धोने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार कमी आ रही है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट एरिया में कमी आई है उन्होंने बताया कि अब तक सवा दो करोड़ से अधिक कोरोना के टेस्ट किये जा चुके हैं

प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये मुख्य सचिव आज निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में आयोजित बैठक में बोल रहे थे